उन्होंने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री ने कल उत्तराखंड में दूरदराज की एक चौकी हरसिल में भारतीय सेना और भारत तिब्बत पुलिस के जवानों के साथ दीपावली मनाने के बाद ये बात कही उन्होंने कहा कि दूरदराज की बर्फीली पहाड़ियों पर जवानों के निष्ठापूर्ण कार्य से देश मजबूत बन रहा है उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों को विश्वभर में और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक अभियान में काफी प्रशंसा और सराहना मिलती है प्रधानमंत्री ने रूद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की बाद में वह केदारनाथ धाम गये जहां उन्होंने मंदिर परिसर में आपदा के बाद हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों का उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया दीपावली रोशनी का पर्व दीपावली कल प्रदेश भर में धूमधाम व हर्षोल्लास से मनाया गया इस दौरान लोगों ने अपने घरों को आकर्षक रंगोली दीयों और रंग बिरंगी बिजली चालित रोशनियों से सजाया रात के समय लोगों ने अपने घरों में श्रीगणेश व मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख व समृद्धि की कामना की पूरे देश की तरह इस बार दिवाली पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का प्रदेश में भी साफ असर दिखाई दिया कोर्ट के आदेशानुसार दिनभर पटाखे फोड़ने पर रोक रही और केवल रात को आठ से दस बजे तक ही पटाखे चलाए गए प्रदेश सरकार की ओर से पुलिस विभाग और प्रदूषण नियंत्रण को न्यायालय के आदेशों की अनुपालना की सख्त हिदायत दी गई थी

दमकल विभाग की ओर से इन आगजनी की घटनाओं में अभी तक किसी भी तरह के जानी नुक्सान की कोई सूचना नहीं मिली है

यह आग लोगों के घर गउशालाओं और जंगलों में लगी बताई जा रही है

इसे अन्नकूट भी कहा जाता है

इन पकवानों को अन्नकूट कहा जाता है माना जाता है अन्नकूट पर्व मनाने से जहां मनुष्य को लंबी उम्र और आरोग्य की प्राप्ति होती है वहीं इस पर्व के प्रभाव से दरिद्वता का नाश होने से सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है

वे मंगलवार को धर्मशाला में मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गठित समिति की समीक्षा बैठक में भाग ले रहे थे

उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं से इस योजना का लाभ उठाने का आहवान किया मौसम प्रदेश भर में आज सभी जगह मौसम साफ बना हुआ है दिन की शुरूआत खिली धूप के साथ हुई है सुबह शाम सर्दी का असर तेज हो रहा है

इससे प्रदेश की रातें काफी सर्द होने लगी है लोगों ने गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं हालांकि दिन के समय तेज धूप खिलने के कारण लोगों को ठंड से थोड़ी निजात मिल रही है